कोविड महामारी के खिलाफ देश एकज्ट होकर लड़ रहा है आप भी हमारे साथ स्रक्षा और बचाव के तीन आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

भारतीय वैज्ञानिकों और तकनीकी विशेषज्ञों दवारा हासिल की गई सफलताओं की सराहना करते हुए श्री मोदी ने विशेष रूप से देश में तैयार किये गये दो कोरोना टीकों का उल्लेख किया प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में जल्द ही विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया जायेगा

उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों से भारत इस समय विश्व नवाचार रैंकिंग में पहले पचास देशों में शामिल है प्रधानमंत्री ने कहा कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अन्संधान परिषद तथा अन्य वैज्ञानिक संस्थाओं ने मिलकर वैश्विक महामारी का हल खोज निकाला है उन्होंने कहा कि कोरोना संकट में वैज्ञानिक संस्थाओं की भूमिका की देश ने सराहना की है

उत्तराखंड में वैक्सीनेशन के पहले चरण में स्वास्थ्यकर्मियों को कोरोना वैक्सीन लगाई जानी है जिनका डेटा अपलोड किया जा चुका है स्वास्थ्य विभाग कोरोना वैक्सीनेशन के लिए देहरादून के पांच अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन को लेकर ड्राई रन भी कर च्का है नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया की केंद्र सरकार से मिली गाइडलाइन के तहत स्वच्छताकर्मी और निगम के फ्रंटलाइन वर्कर्स का डेटा पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है

मुख्यमंत्री ने कहा कि देशवासियों के लिए गर्व की बात यह है कि ये दोनों ही वैक्सीन भारत में बनी हैं किसान सरकार वार्ता किसान संगठनों के सदस्यों के साथ बातचीत से पहले कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने उम्मीद जताई कि आज की बैठक में कोई सकारात्मक हल अवश्य निकल आयेगा नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार बैठक में सभी मुद्दों पर चर्चा करेगी केन्द्र सरकार और किसान संगठनों के बीच आज दोपहर बाद बातचीत शुरू ह्ई इससे पहले ह्ई बैठकों में कृषि मंत्री ने किसान नेताओं को भरोसा दिलाया था कि सरकार उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है और दोनों पक्षों को किसी स्वीकार्य हल तक आने के लिए कदम बढाने चाहिये

मुख्य सचिव मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिन जिलों में जन्म के समय लिंगान्पात में कमी देखी गयी है उन पर फोकस करते हुए गहन मॉनिटरिंग की जाए महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की राज्य स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि मदर चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम एमसीटीएस में सक्रिय भागीदारी निभाते हुए गर्भवती महिला की पहली द्रसरी और तीसरी तिमाही की जां करायी जाए उन्होंने कहा कि दूसरी तिमाही में जांच बह्त ही महत्पूर्ण होती है ऐसे समय में गर्भपात होना या जांच न कराया जाना संदिग्ध होता है यदि गर्भपात हआ है तो इसके कारणों की भी जांच की जानी चाहिए मुख्य सचिव ने कहा कि लिंगान्पात में सुधार के लिए प्रोएक्टिव होकर काम करना होगा इससे सम्बन्धित सभी विभागों को आपस में समन्वय बनाकर कार्य करना होगा उन्होंने महिलाओं में आयरन की कमी कुपोषण के साथ ही मातृ मृत्यु दर को कम किए जाने के लिए लगातार प्रयास किए जाने की बात कही

चमोली नैनीताल और पिथौरागढ़ में लिंगानुपात में गिरावट आयी है राज्यपाल राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा है कि उत्तराखण्ड की स्थानीय जड़ी बूटियों खाद्यान्नों और व्यंजनों पर शोध करके उनके संरक्षण और प्रचार प्रसार के लिये कार्य किया जाना चाहिए राजभवन में आज एक प्स्तक विमोचन के दौरान राज्यपाल ने कहा कि य्वाओं को स्थानीय व्यंजनों और खाद्यान्नों पर आधारित उद्यम के लिए प्रेरित किया जाना चाहिये राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में परम्परागत रूप से खाये जाने वाले स्थानीय व्यंजनों का प्रचार प्रसार किया जाना चाहिये उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों व्यंजनों खाद्यान्नों और संस्कृति के माध्यम को बढ़ावा देकर ही देवभूमि को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री का आत्मनिर्भर भारत का अभियान भी स्थानीयता के संरक्षण पर बल देता है नई पीढ़ी के लोगों को इसमें अधिक से अधिक रूचि लेनी चाहिये

उत्तरकाशी रुद्रप्रयाग चमोली और पिथौरागढ़ जनपदों के ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी की संभावना है इस बीच राज्य के अधिकांश हिस्सों में सुबह से ही बादल छाये हए हैं टिहरी में हल्के बादल और कल से हो रही बूंदाबांदी से तापमान में गिरावट दर्ज की गइ है पौड़ी में आसमान में बादल और घाटी में ध्यंध छाने से सर्दी बढ़ गई है ऊधमसिंह नगर और हरिद्वार में भी आसमान में बादल छाए रहे साथ ही ब्रूंदाबांदी होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई बागेश्वर जिले की पिंडर घाटी क्षेत्र में बर्फबारी के कारण दर्जनों गांवों का जनजीवन प्रभावित हआ है वहीं अल्मोड़ा में भी रात से बारिश जारी है जिससे इलाके में ठंड बढ़ गई है ब्रेल दिवस आज विश्व ब्रेल दिवस है आज ही ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुई ब्रेल की जयंती भी है जिन्होंने दृष्टि बाधित लोगों के लिए ब्रेल लिपि तैयार की थी अल्मोड़ा में ल्ई ब्रेल का जन्म दिवस आज सादगी के साथ मनाया गया इस अवसर पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया कोरोना महामारी के कारण कार्यक्रम को औपचारिक रूप से मनाया गया गोष्ठी में दिव्यांगों की समस्याओं पर प्रकाश डालते हवे वक्ताओं ने कहा कि दिव्यांगों को न्यूनतम जीवन यापन के लिये योग्य पेन्शन मिलनी चाहिये वक्ताओं ने कहा कि दिव्यांगों के प्रति अपनी सोच सकारात्मक रखनी होगी

सिर्फ तीन साल की उम्र में उन्होंने एक द्र्घटना में अपनी दोनों आँखें खो दी थीं अपना हौसला बनाया रखते हुए उन्होंने छह बिन्दियों वाली लिपि का आविष्कार किया जिसे ब्रेल लिपि के नाम से जाना जाता है इस लिपि ने दृष्टिबाधितों की पढ़ाई लिखाई में क्रांतिकारी बदलाव किये आज इस लिपि से पढकर इष्टिबाधित बड़े पदों पर पहुंच रहे हैं टिहरी झील टिहरी बांध की झील में पर्यटकों को ओर सुविधा देने के लिए प्रशासन ने कवायद श्रू कर दी है इसके लिए पीपलडाली के नजदीक पिपोला गांव और डोबरा चांठी में बोटिंग प्वाइंट बनाने का काम शुरू होने जा रहा है